और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह आज से शुरू

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी आज असम के शोणितपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं

चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा ये डॉक्टर असम के अलग अलग क्षेत्रों में दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे इससे भी इलाज में सुविधा होगी लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा श्री मोदी ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से हर साल एक हजार छह सौ एमबीबीएस डॉक्टर तैयार हो पाएंगे उन्होंने कहा कि दुनिया ने कोविड महामारी के प्रबंधन और टीकाकरण में भारत की उपलिब्धयों की सराहना की है

बजट में इस बार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है

इसका बहुत बड़ा फायदा छोटे कस्बों और गांवों को होगा जिन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए दूर जाना पड़ता है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की स्थिति सुधारने में बुनियादी ढांचे के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में हिमस्खलन के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में हिमस्खलन से जो तबाही मची है उसका असर प्रदेश में भी दिख सकता है श्री कुमार ने कहा कि ग्लेशियर के टूटने के बाद उसका असर गंगा नदी के जलस्तर पर भी पड़ सकता है इसलिए राज्य में भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है उन्होंने अधिकारियों को गंगा नदी के आसपास के गांवों पर नजर रखने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार छिहत्तर दशमलव छह प्रतिशत कोविड टीकाकरण के साथ देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है राज्य में टीकाकरण के पहले चरण में अब तक तीन लाख उनहत्तर हजार नौ सौ उन्यासी स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा चुका है कल से शुरू हुए टीकाकरण के दूसरे चरण में पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ हजार पांच सौ सात अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीद जतायी है कि जल्द ही हम कोरोना पर विजय पा लेंगे श्री कुमार ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का काम तेजी से हो रहा है

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढाने की आवश्यकता है देश में अब तक संतावन लाख पचहत्तर हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में कुल तीन लाख अंठावन हजार चार सौ तिहत्तर लोगों को टीका लगाया गया है देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घटों में बारह हजार आठ सौ पांच लोग स्वस्थ हुए देश कोविड वैक्सीन विकसित करने के मामले में आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफसर डॉक्टर स्र्यकांत ने कहा कि भारत ने बहुत कम समय में कोविड वैक्सीन बनाई है

और दूसरी बात कि बहुत देश है करीब सौ देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि वैक्सीन बनाने के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है

दूसरी बात मैं बता दूं कि भारत के पास सबसे बड़ा अनुभव है चाइल्डहुड इम्यूनाईजेशन प्रोग्राम का दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को टीकाकरण प्रोग्राम किया जाता है और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया के टॉप थ्री कंट्रीज में हम शामिल हो गये हैं जिन्होंने कोविड के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो दो वैक्सीन निर्माण की है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि भारत द्रनिया का पहला देश है जहां अब तक पचास लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों के टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है श्री जावड़ेकर आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पूणे स्थित क्षेत्रीय लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो की ओर से आयोजित कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान की शुरूआत कर रहे थे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शताब्दी वर्ष समारोह सह प्रबोधन कार्यक्रम का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार को वर्ष उन्नीस सौ बीस में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला राज्य बनने के बाद वर्तमान विधानसभा भवन बनाया गया श्री कुमार ने कहा कि प्रजातंत्र में जनता मालिक है विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं और सरकार में बैठे लोग जनता के सेवक हैं

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां जनता की समस्याओं पर विचार हो और जनता के सबंध में निर्णय लिया जा सके

श्री जायसवाल ने पश्चिम चम्पारण के बेतिया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सब कुछ तय है जल्द ही इसकी घोषणा की जायेगी केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जायेगी पटना में केन्द्रीय बजट पर आयोजित एक परिचर्चा में श्री प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दो लाख अड़तीस हजार करोड़ रूपये दिये है उन्होंने कहा कि बिहार में संतावन नयी रेल परियोजनाओं पर काम हो रहा है राज्य के पैंतालीस हजार गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाये जा रहे हैं प्रदेश के सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों का निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गैर निबंधित श्रमिकों का निबंधन कराये उन्होंने कहा कि निबंधन के जरिये श्रमिकों को भविष्य निधि योजना के तहत लाभ दिलाया जायेगा राज्य के स्कूलों में छठी से आठवीं तक की कक्षाएं कल से शुरू होंगी कक्षाओं में क्षमता के अनुपात में सिर्फ पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दी गई है बाकी बचे पचास प्रतिशत छात्र अगले दिन स्कूल आयेंगे सभी विद्यालयों को कोविड नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा प्रदेश भर में मौसम के रूख में तेजी से बदलाव हो रहा है दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने कहा कि गंगा के मैदानी इलाकों और नदियों से सटे अन्य इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है साथ ही तापमान में कमी दर्ज की जायेगी

दिल्ली से मेले का आँनलाइन उद्घाटन करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक डाएके सिंह ने कहा कि इस बार मेले का थीम आत्म निर्भर गांव और स्वाभिमानी किसान है मोतिहारी जिला विधिज्ञ संघ के सदस्य अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार मिश्र को सातवीं बार समस्तीपुर रेल मंडल में रेलवे परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनाया गया है श्री मिश्र समस्तीपुर रेल मंडल के यात्रियों से संबंधित सूचनाओं और अन्य सुविधाओं की जांच करेंगे

और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह आज से शुरू